सुगम्य भारत एप संवेदनशीलता और सुगमता को बढ़ाने का एक साधन है इसकी पांच मुख्य विशेषता है इनमें पर्यावरण निर्माण के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं के संबंध में शिकायत परिवहन क्षेत्र सूचना और संचार प्रौद्योगिकी परिस्थितिकी तंत्र जन भागीदारी की सकारात्मक प्रतिकिया और सुगमता से सबद्ध दिशा निर्देश शामिल है इस फीचर की पांचवी विशेषता केवल दिव्यांगजन के लिए कोविड से सबद्ध है

वे पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाग लेंगे प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि बैठक में श्री नड्डा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी शहादत को नमन करते हुए अपने संदेश में कहा कि वीर सपूत विक्रम सिंह ने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है

इस मौके पर उन्होंने रेनवाल में मिनी स्टेडियम का और जिम का उद्घाटन किया श्री राठौड़ ने रक्तदान शिविर में भी शिरकत की

प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है औसत न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने का पूर्वानुमान जताया गया है इस बीच प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट से लगातार बढ़ रही गर्मी के असर में कमी आई है